साठ फीसदी से अधिक पड़े वोट

प्रदेश लोस चुनाव प्रदेश में आज छिटपुट घटनाओं को छोड़कर भोपाल समेत आठ संसदीय क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया एक करोड़ चवालीस लाख से अधिक मतदाताओं में से साठ प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया

हालांकि ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है मतदान समाप्ति के समय शाम छह बजे तक पंक्ति में लगे लोगों का वोट डालने दिया जा रहा है

भिण्ड मुरैना ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ संसदीय सीटों के लिए अठारह हजार एक सौ इकतालीस मतदान केन्द्रों पर मतदान हुआ इस चरण में भोपाल सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह का मुकाबला भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर से है मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और रामनिवास रावत गुना में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और के पी यादव विदिशा में रमाकांत भार्गव और शैलेन्द्र पटेल ग्वालियर में विवेक शेलवलकर और अशोक सिंह का मुकाबला आमने सामने का है

भिण्ड लोकसभा के करथरा मतदान केन्द्र पर विवाद होने से एक युवक के साथ मारपीट होने का समाचार है यहां करीब दो घंटे बाद मतदान शुरू हुआ वहीं जैतपुरागुढा गांव में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई यहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच वाद विवाद होने से कुछ देर के लिए मतदान रोका गया सागर के बड़ा बाजार मतदान केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने से एक पार्षद को गंभीर चोटे आई हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता ने बताया कि ग्वालियर में सुबह कुछ स्थानों पर ईवीएम के देरी से शुरू होने से मतदान बीस से पच्चीस मिनिट प्रभावित हुआ हमारे राजगढ़ संवाददाता ने बताया कि संसदीय क्षेत्र में महिलाओं ने मतदान के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया कई मतदान केन्द्रों पर लंबी कतारें लगी रहीं उधर मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि करीब अठहत्तर हजार मशीनों में से साढ़े सात सौ को बदला गया मुरैना भिण्ड और राजगढ़ क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इन सभी स्थानों में ग्रामीणों को समझाइश देने के बाद मतदान शुरू कराया उन्होंने बताया कि भोपाल शहर भिण्ड और मुरैना के कई क्षेत्रों में धीमा मतदान भीड़ एकत्र होने मशीन जल्दी बदलने की और कुछ केंद्रों पर बाहर के लोगों के मतदान केन्द्रों में घुसने की शिकायतें प्राप्त हुई थी

विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिये इन क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस मालवा क्षेत्र के लोकसभा सीटों पर किया है यहां पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की चुनावी सभायें की जा रही हैं इसी कम में कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रतलाम में रैली करेंगे वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा कल रतलाम लोकसभा क्षेत्र में जनसभा और इन्दौर में रोड शो करेंगी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देवास में प्रबुद्धजनों से चर्चा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगौन धार और देवास लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में रहेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कल इंदौर में सभा को संबोधित करेंगे वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह धर्मपुरी के धामनौद में सभा को संबोधित करेंगी मोदी सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज खंडवा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने सिख दंगों और यूनियन कार्बाइड पर कांग्रेस को घेरा उन्होंने कहा कि साल चौरासी के दंगे में गुनहगार को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पार्श्वगायक किशोर कुमार को याद किया श्री मोदी ने केन्द्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने गांव गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया हर गरीब परिवार को उनका पक्का घर मिले बहन बेटी को शौचालय की सुविधा मिले हर गरीब परिवार के घर रसोई गैस पहुंचे और पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिले इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हमने पांच साल काम किया है मौसम प्रदेश के मौसम में आज बदलाव देखने को मिला कई स्थानों पर आज धूल भरी आंधी चली इससे पूरे प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है सागर में आज बारिश के साथ ओले गिरे इसके साथ ही होशंगाबाद जबलपुर और रीवा में हल्की बारिश हुई नरसिंहपुर सतना कटनी शहडोल मंडला बैतूल सीधी सिंगरौली श्योपुरकला में गरज चमक के साथ ब्रंदा बांदी हुई मौसम विभाग ने नरसिंहगढ़ और भोपाल के कुछ स्थानों पर पिचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुम्बई इंडियंस के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा यह मैच अब से कुछ देर बाद शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा मुंबई ने पहले क्वालीफायर में चेन्नई को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था जबकि चेन्नई ने शुक्रवार रात खेले गये दूसरे क्वालीफायर में डेल्ही कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी आईपीएल के इस सीजन में मुंबई से चौथी बार भिड़ने वाली चेन्नई अभी तक मुंबई टीम से जीत नहीं पाई है इससे पहले भी इन दोनों टीमों के बीच चार बार खिताबी मुकाबला हुआ है जिसमें से तीन खिताबी मुकाबले मुंबई इंडियस ने जीते हैं

सभी मतदान केन्द्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे

विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आनलाइन पेमेन्ट एन्टीग्रेशन होने के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पडेगा

माँ और मातृत्व के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है